एक विशाल फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पचास हजार से ज्यादा भारतीय मूल के लोगो के भाग लेने की उम्मीद है कार्यक्रम के आयोजक जुगल मलानी ने आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में कहा कि इस बड़े आयोजन के बाद भारत और अमरीका के संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हाउंडी मोदी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा इसे एफएम गोल्ड और राजधानी चैनल पर आज रात सवा नौ बजे से सुना जा सकेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ह्यूस्टन में सिख समुदाय के लोगों से भेंट की ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सिख समुदाय के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई और भारत के विकास के प्रति उनका जोश देखकर वे बहुत प्रसन्न है इस दौरान सिख समृदाय के लोगों ने भारत सरकार द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के लिए श्री मोदी को बधाई दी प्रधानमंत्री ने कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमण्डल से भी विशेष बातचीत की कश्मीरी पड़ितों ने भारत की प्रगति और प्रत्येक भारतीय के सशक्तिकरण के लिए उठाये जा रहे कदमों के लिए सरकार का पूरा समर्थन किया प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्हें दाउदी बोहरा समुदाय के लोगों के साथ भी बातचीत का अवसर मिला और उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा की श्री मोदी ने कहा कि पूरे विश्व में दाउदी बोहरा समुदाय की एक अलग पहचान है प्रधानमंत्री मोदी ने आज सत्रह वैश्विक ऊर्जा कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की ये कम्पनियां भारत से पहले ही किसी न किसी रूप में जुड़ी हैं इस दौरान ह्यूस्टन की एक प्रमुख ऊर्जा कम्पनी टेलुरियन और भारत की पेट्रोनेट एलएनजी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए प्रदेश की ग्यारह विधानसभा सीटों पर उप चुनाव इक्कीस अक्टूबर को कराया जायेगा मतगणना चौबीस अक्टूबर को होगी निर्वाचन आयोग ने कल नई दिल्ली में इसकी घोषणा की उप चुनाव की अधिसूचना सत्ताईस सितम्बर को जारी की जायेगी नामांकन चार अक्टूबर तक होगा और सात अक्टूबर तक नाम वापसी हो सकती हैं प्रदेश में रामपुर सदर के साथ सहारनपुर की गंगोह अलीगढ़ की इगलास लखनऊ की लखनऊ कैन्ट बाराबंकी की जैदपुर कानपुर की गोविन्द नगर चित्रकूट की मानिकपुर बहराइच की बलहा प्रतापगढ़ की प्रतापगढ़ सदर अम्बेडकरनगर की जलालपुर और मर्ऊ की घोर्सी विधानसभा सीट पर उप चुनाव होना है इन ग्यारह विधानसभा सीटों में से नौ पर भाजपा का कब्जा था जबकि एक सीट सपा और एक सीट बसपा के पास थी चुनाव की तारीख की घोषणा करते हुये मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने राजनीतिक दलों से कहा कि वह प्रचार अभियान के दौरान प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से परहेज करें उधर प्रदेश के हमीरपुर सीट के उप चुनाव के लिए कल शाम प्रचार अभियान समाप्त हो गया मतदान कल तेईस सितम्बर सोमवार को कराया जायेगा मतगणना संत्ताईस सितम्बर को करायी जायेगी लखनऊ में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की विशेष अदालत ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराये जाने के मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता केल्याण सिंह को समन जारी किए हैं उन्हें श्क्रवार को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है इस अदालत में विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल पर ढांचा गिराये जाने की कथित साजिश के मामले में भाजपा नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी उमा भारती और अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें समन जारी किया गया है इस मामले के समी आरोपी जमानत पर हैं उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मामले की सुनवाई दैनिक आधार पर चल रही है केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर रोक लगाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि आधार को अनिवार्य कर दिए जाने से जालसाजी पर काबू पाया जा सकेगा रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने में आधार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है दिल्ली बुलेटिन खेल मंत्रालय खेलों में उत्कृष्टता के लिए बीस राष्ट्रीय केन्द्रों की स्थापना करेगा इसका उद्देश्य वर्ष दो हजार चौबीस और दो हजार अट्ठाईस के ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना है योजना के तहत प्रत्येक केन्द्र में चार से छह खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि इन केन्द्रों में उच्चस्तरीय सुक्विाएं उपलब्ध होंगी उन्होंने इन केन्द्रों के विकास में राज्य सरकारों और कंपनियों से सहयोग की अपील की है